प्रदेश में काश्तकारों को कृषि उपकरणों की व्यवस्था के लिए शुन्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा कृषि ऋण आज से शुरू हुआ राज्यस्तरीय खेल महाकुंभग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मिल रहा अवसर

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफएम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को एफ एम चैनलों से साझा करने के शुभारंभ समारोह में उन्होंने ये बात कही श्री राठौड़ ने निजी एफएम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है इस अवसर पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है

इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी स्लग सीएम पौड़ी दौरा प्रदेश में काश्तकारों को कृषि उपकरणों की व्यवस्था के लिए शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा इसके ब्याज की धनराशि की भरपाई खनन परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व से की जायेगी पौड़ी में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की बैठक में उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत तहसील और ब्लाक मुख्यालय स्तर पर भी गोल्डन कार्ड जारी किये जाएंगे उन्होंने जिले में टेलीमेडिसिन को और बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि पहली प्राथमिकता दूरस्थ क्षेत्रों को दी जाएगी बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की कार्य प्रगति की जानकारी भी ली उन्होंने सतपुली में दो नदियों के संगम पर झील बनाने के भी निर्देश दिये ताकि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यो में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिये हैं

अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में निर्धारित समय में काम पूरा करने और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने से पहले प्रयोगशाला में परीक्षण कराने के निर्देश भी दिये हैं

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ओलम्पिक एसोसिएशन के महासचिव को अपने स्तर से विभिन्न देशों के खिलाड़ियों को औली शीतकालीन खेल में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित करने को कहा राज्य सरकार के पास औली में शीतकालीन खेल आयोजन के लिए पर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं

इससे भविष्य में राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों की अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी आज देहरादून में राज्यस्तरीय खेल महाकूंभ का शुभारंभ करते हए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही

उन्होंने कहा कि खेल विभाग के प्रयासों से उत्तराखण्ड को बीसीसीआई की मान्यता मिली इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ट्र्नामेण्ट के आयोजन भी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो सालों से करावाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यस्तरीय खेल महाकृभ में दूरस्थ क्षेत्रों की खेल प्रतिभाएं आ रही हैं इससे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न आयु वर्गो में न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक किया जाता है इसके माध्यम से ग्रामीण अंचलों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है पिछलें वर्ष की तुलना में इस साल प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है वहीं राज्य सरकार ने इस साल विकासखण्ड जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी है स्लग स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने में स्कूली बच्चे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं नैनीताल में स्कूली बच्चों ने झील संरक्षण अभियान चलाया उन्होंने भीमताल झील के आसपास के क्षेत्र की सफाई की साथ ही रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया

साथ ही दूसरों को ये भी संदेश दिया कि स्वच्छ भारत के लिए हर किसी को मिलजुल कर काम करना होगा

मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य बना रहेगा बारिश और बर्फबारी में भी कमी होगी कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है संक्षिप्त समाचार सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है